विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि इस ऐतिहासिक सत्र के लिये विशेष इंतजाम किये गये हैं

उन्होंने बताया कि बुजुर्ग और अस्वस्थ विधायकों को सत्र में उपस्थित न होने की छूट दी गई है श्री दीक्षित ने बताया कि यह देश की सभी विधानसभाओं में पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां कोरोना वायरस फैलने के बाद सामान्य सत्र आयोजित किया जा रहा है

इसके अलावा कोरोना महामारी से जज्ञते हुए कोरोना वैरियर्स को निधन के बारे में भी हम लोग शोक प्रस्ताव पारित करेंगे

कोरोना काल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विधानमंडल सत्र में इस बार दर्शक और पत्रकार दीर्घा में भी विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है मीडिया कर्मियों के बैठने की व्यवस्था तिलक हाल में होगी जहां लगाई गई बड़ी स्क्रीन के द्वारा सदन की कार्यवाही को देखा जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा परिसर और आसपास के इलाकों में लगातार सैनिटाजेशन का काम कराया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेताओं से विधानमंडल की कार्यवाही में सहयोग करने का आग्रह किया उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करते हुए विपक्ष से अपने मुद्दों को संवैधानिक दायरे में उठाने पर जोर दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से कोविड महामारी के कारण मौजूदा मॉनसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि यह मौसम में बदलाव और विषाणू जनित रोगों के फैलाव का समय है इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों का समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कोविड मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिये प्रतिबद्ध है

मुख्यमंत्री आज अपने आवास पर एक बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी दशा में दवा के अभाव में मरीज का इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिये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

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति में अगले पांच वर्षों में चालीस हजार करोड़ रुपये का निवेश आमंत्रित करने और चार लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है

इस नीति ने तीन वर्षो में ही निवेश और रोजगार सुजन के अपने निर्धारित लक्ष्यों प्राप्त कर लिए हैं और ये तीनों क्षेत्र इस समय दुनिया में मोबाइल फोन उत्पादन के प्रमुख केन्द्रों में हैं भारत में बनने वाले मोबाइल फोन का साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही बनता है नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति को अब समूचे राज्य में लागू किया जाएगा

उन्होंने बताया कि राज्य में उपचारित दर संक्रमण दर से ज्यादा है

प्रदेश के तराई और पूर्वी हिस्से के सोलह जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है जिससे जान माल का नुकसान हुआ है नेपाल और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहा पानी और लगातार हो रही वर्षा राज्य के विभिन्न भागों में बाढ़ का कारण बनी हुई है

अयोध्या और बाराबंकी में सरय् नदी पलियाकलां में शारदा नदी और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है एटा में नरौरा बांध से गंगा नदी में पानी छोड़े जाने से गंगा किनारे बसे गांवों का सम्पर्क जिला मूख्यालय से कट गया है राहत आयुक्त संजय गोयल ने आज बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में खाद्यान और दवाओं की आपूर्ति की जा रही है अधिकारियों को तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिये गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़ में चार शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धाजंलि दी है

उन्होंने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की भी घोषणा की है